देर रात तक जारी होंगे परिणाम राज्य सरकार ने भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले शुल्क को सौ रूपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुब्हानी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हयी मंत्रि परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है राज्य में भूमि विवादों के निपटारे के लिये जमीन के पैतृक और परिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित कराने पर पहले संपत्ति के मूल्य का पांच प्रतिशत शुल्क देना होता था प्रधान सचिव ने बताया कि परिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर अब सौ रूपये की दर निर्धारित कर दी गयी है वहीं संविदा कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में बेल्ट्रॉन में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है एक अन्य फैसले में सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के बाद अब गांव में भी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल और पक्की गली नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित बिहार विकास मिशन के शासी इकाई की बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में जाकर कम से कम दस पंचायतों के पांच पांच वार्डो में इस योजना की जांच और पंचायती राज विभाग को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि देश को मजबूत करने के लिये प्रशिक्षित होना जरूरी है पटना में तीन दिवसीय रोजगार मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने छह करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि जापान में भारत के तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे इसके लिये भारत और जापान के बीच एमओयू हुआ है श्री प्रसाद ने कहा कि जापान को कुशल लोगों की जरूरत है और भारत के युवा इस जरूरत को पूरा करेंगे केंद्रीय सूक्ष्म लघू और मझोले उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज बिहटा औद्योगिक क्षेत्र के सिकंदरपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करेंगे साथ तीन दिवसीय क्षेत्रीय प्रदर्शनी व्यापार मेले और राष्ट्रीय एससी एसटी हब स्टेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विकास संस्थान के निदेशक संजीव चावला ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया जायेगा बिहार सरकार की ओर से इसके पंद्रह एकड़ जमीन आवंटित की गयी है पटना उच्च न्यायालय ने दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया है न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया है साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आठ जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है दारोगा की नियुक्ति के लिए इस वर्ष ग्यारह मार्च को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था पटना जिला व्यवहार न्यायालय में ई कोर्ट फीस की सुविधा शुरू हो गयी है ई कोर्ट फीस की सुविधा शुरू होते ही अब फ्रैंकिंग टिकट की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है इसके तहत उन्नीस रूपये तक का प्रिंटेड टिकट काउंटर से प्राप्त किया जा सकता हैं जबकि बीस रूपये से लेकर निन्यानवे रूपये तक के टिकट के लिये एक फॉर्म भरना होगा

पंचायतों में वार्ड स्तर पर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि आज से पंद्रह दिसम्बर तक स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना है

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पचास प्रतिशत इजाफा हुआ है पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के विभिन्न पदों के लिये आज कड़ी सूरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि कॉलेजों और विभागों के छियालीस ब्रथों पर मतदान सुबह आठ बजे से शुरू हो गया है और दोपहर दो बजे तक चलेगा छह पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है कुल एक सौ आठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं सेंट्रल पैनल के लिये नौ नौ उम्मीदवार अध्यक्ष और महासचिव पद के लिये हैं जबकि उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिये आठ आठ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहीं कोषाध्यक्ष पद पर सात उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं मतों की गिनती का काम आज मतदान के बाद तीन बजे शुरू होगा और देर रात तक परिणाम जारी कर दिये जायेंगे रेलवे ने राजधानी शताब्दी और दूरंतो समेत सभी वातानुकूलित ट्रेनों की एसी बोगियों में महिलाओं के लिये छह बर्थ आरक्षित करने का फैसला किया है रेलवे के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें महिलाओं की उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी वहीं अब अन्य ट्रेनों में भी महिलाओं के लिये दस सीटें आरक्षित होंगी यह व्यवस्था अगले साल अप्रैल के पहले हफ्ते से लागू होगी बीएसएनएल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निबटारे के लिये सभी जिला मुख्यालय और उप मुख्यालय पर आठ दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा जिला और सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार यह अदालत जिला व्यवहार न्यायालय में लगायी जायेगी इन अदालतों में राज्यभर के छियासी हजार तीन सौ छिहत्तर उपभोक्ता अपने बकाये बिल के निपटारे के लिये अर्जी लगा सकेंगे विक्रय और विपणन उप महाप्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि लोक अदालत में पचास प्रतिशत तक की विशेष छूट का अवसर दिया गया है पटना में खेली जा रही ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट में बिहार की प्रियम कुमारी और असम की देबांगना की जोड़ी ने सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया है क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की गौरी जयसवाल और मरियम खान की जोड़ी को पराजित किया सासाराम में सात से नौ दिसम्बर तक आयोजित होने वाली बिहार राज्य स्कूली बालिका बॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पटना टीम की घोषणा कर दी गयी है पटना में आयोजित बारहवीं राज्य सीनियर स्क्वैश टूर्नामेंट में सन्नी और मन्नत अगले दौर में प्रवेश कर गयी हैं और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है भूमि के पारिवारिक बंटवारे में शुल्क अब सौ रूपये लगेंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है पीयू छात्र संघ चुनाव आज रात तक रिजल्ट दैनिक भास्कर का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को दिया आदेश वर्तमान व पूर्व सांसद विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिये सभी जिलों में बनेंगे विशेष कोर्ट प्रभात खबर ने लिखा है आज बेतिया में सीएम हर घर बिजली योजना का करेंगे निरीक्षण राष्ट्रीय सहारा ने रेलवे में महिला यात्रियों की सहुलियत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राजधानी दूरंतो और एसी ट्रेनों में महिला कोटा बढ़ा आज अखबार की सुर्खी है बायें हाथ के भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने तीनों फॉर्मेट से लिया सन्यास

देर रात तक जारी होंगे परिणाम